केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संयुक्त रूप से लखनऊ में एक लाख करोड़ रूपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी कानपुर और गाजियाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुलंदशहर में ताप बिजली परियोजना के निर्माण की दी मंजूरी जन औषधि दिवस पर कल प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पांच हजार से ज्यादा लाभार्थियों और संचालकों से संवाद किया उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत पन्द्रह एम्स में से कृष्ठ का निर्माण हो चुका है और कृष्ठ निर्माणाधीन हैं

स्वस्थ्य भारत समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और बहुत कुछ करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में समग्र सुधार लाने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास समस्या को टालने की बजाय उसका समाधान करना है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत आठ सौ से अधिक दवाओं और ऑपरेशन में काम आने वाले एक सौ चौवन उपकरणों के दाम नियंत्रित किये गये हैं उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां पचास से नबे प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही हैं

इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में कल एक समारोह में जारी किये गये जहां दृष्टि बाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प से काम कर रही है दिव्यांगजनों के जीवन को समझना उनकी दिक्कतों को समझना उनके कोन्फीडेंस लेवल को बढ़ाना ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं अभी भारत सरकार की जो वेबसाइट करीब सौ वेबसाइट ऐसी है कि जो हमारे दिव्यांगजन विशेष करके हमारे प्रज्ञाचक्ष आराम से उस वेबसाइट को देख सकते है समझ सकते है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रृंखला के इन सिक्कों में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे दृष्टि बाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहूलियत होगी केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से कल लखनऊ में एक लाख करोड़ रूपये से अधिक लागत की अस्सी नेशनल हाई वे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के सपनों का लखनऊ बनाने के लिये प्रयासरत है और उन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि को लखनऊ के विकास के लिये खर्च कर दिया है उन्होंने कहा लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कानपुर से उद्घाटन करेंगे उन्होंने कहा कि लखनऊ में मौजूदा समय में तीन नये पलाई ओवर निर्माणाधीन है और चार पर जल्द ही काम शुरू होगा श्री सिंह ने कहा कि रिंग रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं के बाद तुरन्त उपचार मिल सके इस उद्देश्य से जानकीपुरम में एक ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शीघ्र ही वाराणसी से प्रयागराज के बीच जल परिवहन श्रू कर दिया जायेगा परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि अगले सप्ताह से वाराणसी और प्रयागराज के बीच एयर बोट सेवा शुरू कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि गंगा नदी अब एक ग्रोथ इंजन की भूमिका अदा करेगी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उनके विमागों द्वारा अब तक उत्तर प्रदेश में तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक के कार्य कराये जा चुके हैं जल परिवहन के बारे में श्री गडकरी ने कहा कि अब वाराणसी से सीवे बांग्लादेश तक वस्तुओं को पहुंचाना और मंगाना आसान हो जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्य करना ही भाजपा की नीति है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के वाराणसी कानपुर और गाजियाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे श्री मोदी आज सबसे पहले वाराणसी पहुंचेंगे जहां वह बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे

इस कॉरिबोर के बन जाने से मदिर और आसपास के क्षेत्र में लगने वाले जाम से बड़ी निजात मिलेगी और यहां से गंगा घाटों का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा मंदिर परिसर के विस्तार और सुन्दरीकरण से देशी विदेशी श्रद्धालुओं के आगमन के चलते कारी में पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा

श्री मोदी इस अक्सर पर लगाई गई एक प्रदर्शनी का भी सुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा को भी सेवा में लगाया गया है

आगरा मेट्रो का शिलान्यास करने के साथ ही प्रधानमंत्री रिमोट द्वारा लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से दूसरे चरण की लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी भी दिखायेंगे प्रधानमंत्री इसके बाद गाजियाबाद जायेंगे और मेट्रो के नये खंड और हिंडन एयरपोर्ट के नये सिविल टर्मिनल लोकार्पण के साथ ही दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे और कई अन्य विकास योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश के बुलंदशहर में एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट के खुर्जा सुपर ताप बिजली संयंत्र के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देशभर में पचास नये केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को मंजूरी दी है इन विद्यालयों का असैन्य और रक्षा क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है